जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थियां हैं और सड़क स्वास्थ्य सिंचाई पेयजल बिजली व शिक्षण संस्थानों संबधी योजनाओं के निर्माण सहित रख रखाव पर काफी लागत आती है उन्होंने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों की जरूरत मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल राजस्व घाटे वाला प्रदेश है और इसे विकासात्मक कार्यों के लिए कर्ज पर निर्भर रहना पड़ता है जयराम ठाकुर ने कहा कि राजस्व घाटा युक्त राज्य होने के कारण और आबंटन पूर्व घाटा कम करने के लिए केंद्रीय करों में से राज्य का हिस्सा बेहद कम है उन्होंने आयोग से राज्य के लिए उचित अनुदान प्रदान करने का अनुरोध किया ताकि आबंटन के बाद हुए राजस्व घाटे की भरपाई की जा सके बचाव कार्य पिछले दिनों हुए भारी हिमपात से ज़िला लाहौल स्पिति में फंसे लोगों को निकालने का कार्य आज भी जारी रहा

कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि रोहतांग सुरंग से पिछले कल साढ़े चार सौ लोगों को सुरक्षित निकाला गया था

सुरक्षित निकाले गए पर्यटकों ने कुल्लू पहुंचकर राहत की सांस ली और सेना व पुलिस का मदद के लिए आभार जताया

कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि राहत व बचाव कार्य अभी जारी है और जब तक सभी लोगों को घाटी से बाहर नहीं निकाला जाता ये अभियान जारी रहेगा

इस मौके पर उन्होंने कहा कि वार्षिक समारोह के आयोजन से विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन होता है और उन्हे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है बिंदल ने कहा कि कॉलेज परिसर में आडिटॉरियम के निर्माण के लिए शीघ्र डीपीआर तैयार कर राज्य सरकार को भेजी जाएगी उन्होंने विद्यार्थियों से स्वच्छता अभियान को जनआंदोलन बनाने का आहवान किया धूमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम क ्मार ध्मल ने कहा है कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर रही है हमीरपुर जिला के समीरपुर में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आयोजित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण शिविर में मौजूद महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही धूमल ने कहा कि ऐसे शिविरों से जहां महिलाओं व युवाओं को आत्मनिर्मर बनने के लिए प्रशिक्षण मिलता है वहीं विभिन्न व्यसायिक गतिविधियों की जानकारी भी दी जाती है उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाएं चलाई हैं जिनके साकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं माकपा मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी ने राज्य सरकार द्वारा बस किराये में की गई वृद्वि का कड़ा विरोध करते हुए इसे तुरंत वापिस लेने की सरकार से मांग की है एक ब्यान में पार्टी के राज्य सचिव मंडल सदस्य संजय चौहान ने कहा है कि पहले ही मंहगाई की मार झेल रही जनता पर किराया बढ़ने से अतिरिक्त बोझ पड़ेगा

पोषण अभियान राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत आज धर्मशाला में पोषण रैली निकाली गई जिसे उपायुक्त संदीप कमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस मौके पर उन्होंने बच्चों किशोरों और महिलाओं को कुपोषण मुक्त करने को लेकर अधिकारियों व महिलाओं को शपथ दिलाई उन्होंने हर व्यक्ति संस्थान और प्रतिनिधियों से भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने का आहवान किया